गुजरात के जामनगर में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बात पर सहमत है कि आंतकवाद को खत्म करना ही होगा श्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व करना चाहिए उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों पर हाल के हवाई हमले के समय भारत के पास राफाल विमान होते तो देश के लिए नतीजा और भी सकारात्मक होता

उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं और वायुसेना ने यह सिद्ध करके दिखा भी दिया है श्री कोविंद ने कहा कि देश ने सशस्त्र सेनाओं के साहस और समर्पण भावना को हाल में देखा है राष्ट्रपति ने आज कोयम्बटूर के पास सुलूर में एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय वायुसेना व्यापक रूप से आध्रनिकीकरण की प्रक्रिया में है उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में आगे रहने के लिए वायुसेना की प्रशंसा की इस अवसर पर वायुसेनाध्यक्ष एयरचीफ मार्शल बिरेन्दर सिंह धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान ने इसलिए बदले की कार्रवाई की कोशिश की क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिल रही थी वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से हताहत होने वालों की संख्या केवल सरकार ही बताएगी क्योंकि वायुसेना हताहतों की सही सही संख्या का आकलन नहीं करती

इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बने नये भवन का उदघाटन भी किया इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे

श्री गहलोत ने उनके निवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवाओं से बातचीत कर रहे थे युवाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों पर नियुक्ति बेरोजगारी भत्ते समेत अन्य जो फैसले लिए हैं उनसे प्रदेश के नौजवानों में विश्वास जागृत हुआ है

श्री सिंह ने इस बारे में पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग को निर्देश दिए हैं उन्होंने श्री गर्ग को इस प्रकरण में आवश्यक और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है

इस बार महाशिवरात्रि सोमवार को होने की वजह से इसका विशेष महत्व माना जा रहा है राजधानी जयपुर के एकलिंगेश्वर ताडकेश्वर और झारखंड महादेव मन्दिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इसके अलावा प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध शिव मन्दिरों में भी भक्तों की भीड़ रही हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले के शिवाड रिथित घृश्मेश्वर महादेव मन्दिर और भगवतगढ अरणेश्वर शिव कृण्ड पर मेला भरा

धौलपुर बांसवाडा चूरू नागौर पाली सहित अन्य जिलों में भी महाशिवरात्रि पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं

सीकर जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सीकर में लोक कलाकारों ने बांसुरी की मधुर स्वर लहरियों के साथ लोक नृत्य प्रस्तुत किये

लाखों श्रद्वालु गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर तड़के से ही पवित्र स्नान कर रहे है

अक्षयवट और सरस्वती कूप भी आज श्रद्दालुओं के लिए बंद रहेंगे

जिनमें परिधानों के साथ ही टैक्सटाइल क्षेत्र में काम आने वाली मशीनरी भी प्रदर्शित की जाएगी एक्सपो में गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों और बुटीक होल्डर्स के लिए बॉयर्स सेलर मीट भी रखी जाएगी

जैसलमेर जिले के फलसूण्ड के एक वृद्ध में स्वाइनफ्लू की पुष्टि हुई है उसका जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है

हनुमानगढ जिले में पशुओं में रोगों की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग टीकाकरण अभियान चलाएगा

वहीं बाडमेर बीकानेर अलवर धौलपुर ड्रुंड्रुनू और टोंक में मध्यम दर्जे का कोहरा रहा भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में आज कोहरे के कारण यातायात तथा जनजीवन प्रभावित हुआ

इस बीच नागौर में आज दिनभर बादल छाये रहने और सर्द हवाए चलने के कारण सर्दी का असर बढ़ गया लोगों को सर्दी से बचने के लिये एक बार फिर गर्म कपडे निकालने पड़े मौसम विभाग के अनुसार भीलवाड़ा चित्तौडगढ डबोक पाली बाड़मेर और आबू में कल के मुकाबले आज तापमान में दो से चार डिग्री सैल्सियस की गिरावट हुई है

इन खिलाड़ियों ने आज मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की